मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसे अपने आदेश पर फिर से विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता

कल छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा दूसरे चरण में जयपुर जयपुर ग्रामीण श्रीगंगानगर बीकानेर चूरू झुंझुंनू सीकर अलवर भरतपुर करोली धौलपुर दौसा तथा नागौर लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने प्रेसवार्तो में बताया कि तेज गर्मी के बावजूद मतदाताओं में वोट डालने को लेकर विशेष उत्साह देखा गया

इस चरण में कुछ स्थानों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में खराबी के कारण मतदान में देरी हुई वहीं झुंझुनू और सीकर जिले में एक एक मतदान केन्द्र पर मधुमक्खियों के हमले के कारण मतदाता जख्मी हो गए और मतदान प्रकिया बाधित हुई

चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने के बाद से तीन हजार तीन सौ साठ करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब धनराशि अवैध शराब नशीले पदार्थ सोना और उपहार जब्त किए हैं लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण के प्रचार में तेजी आ गई है

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल तथा बिहार में कई स्थानों पर चुनाव रैलियां करेंगे वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी आज झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे

सीकर जिले का श्रीमाधोपुर और दांता कस्बे भी आज अपना स्थापना दिवस मना रहे है प्रदेश में आज अक्षय तृतीया का पर्व ध्रमधाम से मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया पर अब्रझ सावा होने के चलते बडी संख्या में बाल विवाह की आंशका को देखते हुए प्रदेशभर में प्रशासन ऐहतियात बरत रहा है अजमेर जिले में भी सभी उपखंड मुख्यालयों और जिला कर्लेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष बनाये गये हैं जो चौबीस घंटे खुले रहेंगे इसके अलावा विवाह समारोहों में काम करने वाले हलवाइयों बाजे वालों और पंडितों से भी बाल विवाह होने की जानकारी नियंत्रण कक्ष को देने के आदेष दिये गये है उधर सवाईमाधोपुर में भी संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिये नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है

उदयपुर में भी अक्षय ततीया के मौके पर शादी समारोहों की ध्यम है वहीं परश्राम जयंती के उपलक्ष्य मेँ शहर में एक शोभायात्रा निकाली गई इसमें भगवान परशुराम से जुडी झांकियां विशेष आकर्षण का केन्द्र रही रमजान का महीना आज से शुरू हो गया है पहला रोजा आज रखा जा रहा है रमजान के पाक महीने में रोजेदार एक महीने रोजे रखकर इबादत करेंगे इस दौरान जयपुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासन ने पेयजल की विशेष आपूर्ति सहित विभिन्न व्यवस्थाओं के निर्देश दिये है

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र की ओर से चार दिवसीय बहभाषीय नाट्य समारोह आज से जोधपुर में शुरू हो रहा है समारोह में महाराष्ट्र गुजरात गोवा और राजस्थान के चार नाटकों का मंचन होगा पहले दिन आज मराठी नाटक अचानक का मंचन संतोष सांरग मुम्बई के निर्देशन में होगा